प्रदेश का रिकवरी रेट घटकर तिरसठ दशमलव एक छह हो गया है साहिबगंज जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तैंतीस हो गई है

उपायुक्त वरूण रंजन ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल से अब बगैर ई पास के प्रवेश के रोक रहेगी

लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है

जांच के क्रम में सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का इन दुकानों प्रतिष्ठानों द्वारा उल्लंघन किया गया था जिसके बाद इनको नोटिस तमिला कराया गया और स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक तत्काल प्रभाव से प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है संक्रमण से बचने के लिए लोगों से लगातार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है सिमडेगा जिले में कोर्राना संक्रमण से बचाव के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है

जिले में सामाजिक द्री का अनुपालन नहीं करने वाले और अनिवार्य रूप से मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी आज से जिले में उड़नदस्ता टीम को तैनात किया जा रहा है जो इन सभी चीजों पर निगरानी रखेगी और इसका उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार भी किया जाएगा इस सिलसिले में जिला मुख्यालय चाईबासा एवं चक्रधरपुर में दो कैंप जेल अधिसूचित किए गए हैं उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिले के पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने कहा है कि लॉकडाउन नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ इस बार पुलिस कड़ाई से पेश आएगी

इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा इस पॉलिसी में बीमा की राशि पचास हजार से पांच लाख रूपये के बीच रखी गई है

कोरोना कवच पॉलिसी स्वयं के लिए पति पत्नी माता पिता सास ससुर और पच्चीस वर्ष तक के आश्रित बच्चों के लिए ली जा सकती है आईआरडीएआई ने कहा है कि यह पॉलिसी अस्पताल में भर्ती के दौरान कोविड के कारण हुई अन्य बीमारियों के लिए भी होगी प्राधिकरण ने कोरोना कवच पॉलिसी का प्रचार करने के लिए तीस सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को मंजूरी दी है आईआरडीएआई के आदेश के बाद कई बीमा कंपनियों ने साढ़े तीन महीन साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीनों के लिए कोरोना कवच पॉलिसी शुरू करने की पहले ही घोषणा कर दी है

यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की सरसठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है

राज्य में नीली क्रांति को लेकर मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है राज्य के मछली पालक भी अब कृषि लोन ले सकेंगे सरकार की इस पहल से राज्य के एक लाख चालीस हजार मछली पालकों को लाभ मिलेगा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार दो लाख रुपए तक का लोन मुहैया करा रही है मत्स्य निदे ाक एनएन द्विवेदी ने बताया कि राज्य में मत्स्य पालन को लेकर किसानों की रुचि बढ़ी है इसे देखते हए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहैया कराएगी उधर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मत्स्य क्रायो बैंक स्थापित किये जायेंगे इससे मत्स्य पालन में लगे किसानों को हर समय मछलियों के वांछित श्रेणी के शुक्राण् उपलब्ध हो सकेगें मत्स्य पश्पालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कल राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस पर इसकी घोषणा की उन्होंने कहा कि विश्व में पहली बार मत्स्य क्रायो बैंक स्थापित किया जायेगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कल एक नया परामर्श जारी करते हुए प्रधानमंत्री कसम योजना के नाम पर धोखाधडी करने वाली वेबसाइटों के प्रति आम जनता को आगाह किया है इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पम्प लगाए जाते हैं और सिंचाई के काम आने वाले पम्प को मौजूदा ग्रिड से जोड़ा जाता है मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा देखने में आ रहा है कि दो वेबसाइंट प्रधानमंत्री कुसुम योजना में पंजीकरण कराने के अवैध दावे कर रहे हैं मंत्रालय ने कहा है कि इन वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है प्रधानमंत्री कुसुम योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाता है

जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से पीएमसीएच में स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई इसका सबसे ज्यादा असर ओपीडी और इनडोर पर पड़ा प्राचार्य डॉ शैलेंद्र कमार और अध्यक्ष डॉ एके चौधरी ने बैठक की और जल्द ही फरवरी माह का मानदेय भूगतान करने का आश्वासन दिया इसके बाद शाम में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त कर दी प्रबंधन का कहना है कि फरवरी का मानदेय नहीं आने की वजह से जूनियर डॉक्टरों को भूगतान किया जा सका है

गृहमंत्रालय ने बताया कि इस प्रकार की कोई समिति नहीं बनी है और लोगों को इस प्रकार की गलत खबरों और अफवाहों से सतर्क रहना चाहिए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

मौसम विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी दी है इधर देश के विभिन्न भागों में हाल में बिजली गिरने से हुई मौतों को देखते हये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एन डी एम ए ने ऐसी दर्घटनाऐं कम करने के उपायों की सलाह दी है आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में एन डी एम ए के सदस्य कमल किशोर ने सलाह दी है कि आकाशीय बिजली की चमक के दौरान घरों से बाहर होने की स्थिति में लोग पेड़ों के नीचे या आसपास न रहें उन्होंने सलाह दी कि घरों या इमारतों में रहना सुरक्षित है लेकिन टिन और धात की छतों के नीचे आश्रय लेने से बचा जाए